मुख्य राजनीतिक दळ भाजपा अर कांग्रेस आपो आपरी जीत रो दावो कर रया है

भारतीय जनता पार्टी री कोर कमेटी री आज जयपुर मांय बैठक हुई

अबै पूळिस महानिरीक्षक मालिनी अग्रवाल अर जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक री देखरेख मांय मतगणना कराई जावैला

मतगणना रै दिन आकाशवाणी रा जयपुर केन्द्र सूं भी हिन्दी अर राजस्थानी मांय विशेष चृणाव समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जावैला

राज्यसभा रा सभापति एम वेंकैया नायडू भी काल सर्वदलीय बैठक बुलाई है

सत्र री पूर्वसंध्या माथै काल आकाशवाणी रो समाचार सेवा प्रभाग संसद के समक्ष मुद्दे कार्यक्रम प्रसारित करेला

इण मांय नेब्यूलाइजर ब्लड प्रेशर मापण वाळी मशीन डिजिटल थर्मोमीटर अर ग्लूकोमीटर शामिल हैं